भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने निलम्बित आईपीएस मनीष अग्रवाल को रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार किया प्रदेश में आज भी अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी से लोगों को तेज सर्दी से राहत मिली है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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

शेष स्थानों पर निर्दलीय पार्षद निकाय अध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगें अध्यक्ष पद के लिए भरे गये नामांकन पत्रों की कल जांच होगी

मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना कर नतीजे घोषित कर दिये जायेंगे

स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए देश में कोविड टीकों को उत्पादन की अनुमति दी है

आज का प्रश्न है कोविड का टीका कहां लगवाया जा सकता है इसका जवाब है सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर जाकर कोविड वैक्सिन लगवायी जा सकती है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

जिससे प्रछताछ के बाद आज ये कार्यवाही की गई

उन्हें पर्यावरण क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों के लिये ये पुरस्कार दिया जायेगा राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव के तत्कालीन सरपंच के रूप में श्री पालीवाल द्वारा जल संरक्षण के लिये किये गये कार्यों से गांव की काया पलट हो गई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पिपलांत्री मॉडल के नाम से जाना जाता है

इनके प्रयासों से सामुदायिक भागीदारी से गांव में साढ़े तीन लाख पौधे लगाये गये जिससे ये क्षेत्र ग्रीन बैल्ट में तब्दील हो गया

श्री पालीवाल की प्रेरणा से अब गांव के लोग अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पौधे लगाकर यादगार बनाते हैं

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अंगदान कर कई लोगों की जिंदगियां बचा सकता है डॉ शर्मा ने सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों का एक ब्रेन डैड बच्चे के परिजनों को अंगदान के लिये प्रेरित करने पर आभार जताया उन्होंने बच्चे के माता पिता की अपने बच्चे के अंगदान करने के लिये सराहना की

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुनसिंह बामणिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड जोधपुर संभाग के अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान और विकास के विषय में स्थाई परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा

इसके लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया है

इन के अभियान में समाज कल्याण विभाग बाल अधिकारिता विभाग व चाइल्ड लाइन का सहयोग लिया जाएगा इसके लिए चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम वेबपोर्टल भी बनाया गया है उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों को तलाशने के बाद उनकी घर वापसी की भी व्यवस्था की जाएगी

मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में कल से नये पश्चिमी विक्षोभ के सकिय होने से दो दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है